चकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह मे मुख्यमंत्री ने शिरकित की और डाक्टरों को सम्मानित भी किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजीटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है भ्रष्टाचार सर प्रभावशाली अक्श लगा है और गरीब लोगों तक सेवायें हंचाने की व्यवस्था मे स्धार हआ है प्रधानमंत्री ने एक टवीट संदेश में कहा हैकि चार वर्ष प्रहले आज की के दिन डिजीटल इंडिया की श्रूआत की गई थी जिसका उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल और इसे लोगों के लिये सहज उ लब्ध कराना था उन्होंने कहा कि डिजीटल् इंडिया हल को राष्ट्रीय आंदोलन के रू दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजीटल इंडिया को ओर मजबूत बनाने के लिये कड़े प्रयास करने वालों को वे सलाम करते है और उन्हें उनके भावी प्रयासों के लिये श्भकामनायें देते है सृचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजीटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये छात्रों से सार्थक भ्रमिका अदा कने का आहवान किया है एक टिवीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि डिजीटल इंडिया को चार वर्ष पूर्व शुरू किया गया और यह लोगों की आदतों में बदलाव लाने की सफल हआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के स्वस्थ व द्रूस्त रखने के लगातार प्रयासों के लिये चिकित्सकों को बधाई दी है

श्री मोदी ने इन मेहनती लोगों के काम की सराहना करते हये कहा कि ये लोग देश की ख्शहाली के लिये महत्वप्र्ण भूमिका निभा रहे है

इसीलिए नागरिक अब इन सेवाओं का बढ़चढ़ लाभ उठा रहे हैं

इसके लिए टीम ने सरकारी तन्त्र एवं व्यवस्था में बदलवा लाने का कार्य किया है इसका श्रेय रियोजना निदेशक डॉ राकेश ग्प्ता को जाता है म्ख्यमंत्री ने स्शासन सहयोगियों को अप्ने अन्भवों को जीवन में उतारने और आगे बढ़ने की सलाह देते हये कहा कि अब सुशासन सहयोगियों का यह तीसरा बैच सम् न्न हआ है तथा शीघ्र ही चैथा बैच कार्य करने के लिए जुलाई माह में आएगा इस बैच से सरकारी स्कुलों को सैल्फ फाईनेंस की दिशा में कार्य श्रू करवाया जाएगा ताकि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ओर ज्यादा बेहतर हो सके

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दवारा कल मन की बात कार्यक्रम ानी की कमी की समस्या से नि टने के लिये देश वासियों को दिये गये संदेश को आज जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है प्रधानमंत्री ने देश भी में शानी के संरक्षण के लिये व्या क आंदोलन शुरू करने का संदेश दिया है जल संरक्षण की गई अपील र मोगा जिले से हमारी संवाददाता कई लोगों से बात की लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लगाई गई ये ग्हार सराहनीय है क्यूकि ंजाब में ानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है है जिसका म्ख्य कारण धान की फसल है लोगों के कहा कि जल संरक्षण के साथ साथ किसानों को फसलों के अन्य विकला देने की दिशा में भी काम करना होगा चक्ला से हमारी संवाददाता ने मोनिका व निर्मला नामक महिलाओं से बातचीत की जिन्होंने जल संरक्षण को अहम मुददा बताया मोनिका ने कहा कि वे चाह रही थी कि जिस तरह से गर्मी ड़ रही है और जल का संकट पैदा हो रहा है प्रधानमंत्री जैसा कोई महत्वप्र्ण व्यक्ति इस श्र बा करें

सरकार आज जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ र ट्रायल आधार र नई रिर्टन प्रणाली श्रू करेगी ये हली अक्तूबर से लागू हो जायेगी वित्त मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष मे छोटे करदाताओं के लिये सहज और स्गम रिर्टन का भी प्रस्ताव किया है हरियाणा में आज कई जगह सी ए दिवस मनाया गया भिवानी में आज आयोजित एक कार्यक्रम में आयकर विभाग के संय्क्त आय्क्त राजेश नाफ़ारिया ने शिरकत की और मौजूद सभी चार्टर्ड अकाऊटेंटस को सम्बोधित करते हये कहा कि सरकार ने एक ही कर प्रणाली की सरलीकरण किया है

उन्होंने इसे एक क्रांतिकारीकार्य बताते हये कहा कि इससे व्या ार आसान हुआ है आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है इसी संदर्भ में चक्ला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत के प्रसिद्व चिकित्सक डा बिधान चन्द्र राय के सम्मान के लिये मनाया जाता है जिसका उद्देश्य डाक्टरों को अधनी भूमिका जिम्मेदारी और समर्पण के साथ निभाने के लिये प्रोत्साहित करना है राज्य स्तरीय चिकित्सक दिवस समारोह में म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने म्ख्यातिथि के तौर प्रर शिरकत की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में उ स्थित रहे इस मौके र म्खतमंत्री ने सिरसा में नव निर्मित साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र माध्सिं ना व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमाल व दड़वा कलां का उद ाटन किया और द्मश्री से सम्मानित डॉक्टरों श्चिमी कमान व अन्य होनहार डॉक्टरों को सम्मानित किया म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की बधाई देते हए कहा कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा

उन्होंने आयर्वेद को बढ़ावा देने अन्संधान व एलोप्रैथिक के साथ आय्र्वेद के समन्वय की जरूरत पर बल दिया

इस अवसर र स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि डॉक्टर भगवान से कम नही है

ज्लाई का दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है लवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संध व जिला रेडक्रास सोसायटी व अ ने ब्लड बैंक द्वारा इस मौके र एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें चिकित्सकों ने रक्तदान किया म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डा प्रदी शर्मा ने इस मौके र डाक्टरों को बधाई देते हये कहा कि प्रदेश में डाक्टरों ने सभी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है अम्बाला में आज कई जगहों र डाक्टर दिवस मनाया गया भिवानी मे यह दिवस मनाया गया और साइकिल रैली निकाली गई हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने चक्ला के बरवाला मे एक प्टवारी को लोगों से पैसे वस्लने की शिकायत प्रर निलंवित करने के आदेश दिये है

शिकायत कर्ता मनीष ने आरो लगाया था कि बरवाला के बतौड़ में तैनता टवारी ने इंतकाल के एवज में एक हजार रू ये की मांग की भी उसने ये भी एवज लगाया था कि एक फर्जी व्यक्तिकी स्टैम् और हस्ताक्ष करने का काम टवारी की मिलीभगत से कर रहा है

बहस के दौरान सीबीआई ने अधना धक्ष रखा

पूर्व म्ख्यमंत्री के वकील अभिषेक राना ने बताया कि इस मामले में अगली स्नवाई र भी बहस जारी रहेगी